भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिये चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने बताया कि समिति के अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ होंगे जबकि गुलाबचंद कटारिया ओंकार सिंह लखावत अरुण चतुर्वेदी राव राजेन्द्र सिंह अर्जुनराम मेघवाल और किरण माहेश्वरी सदस्य होंगे कार्यालय प्रभारी बीरु सिंह राठौड़ को बनाया गया है इधर कांग्रेस ने चुनाव वाले राज्यों के लिये अपने मीडिया प्रभारी घोषित कर दिये है राजस्थान में पवन खेडा को प्रभारी बनाया गया है बूंदी जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है

अजमेर में भी निर्वाचन विभाग और प्रशासन चुनाव को लेकर सकिय है

प्रदेश में विधानसभा चुनाव में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए सुगम मतदान की व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग ने इसके लिए ईवीएम मशीन में ब्रेल लिपि का विकल्प रखा है जिसके तहत नेत्रहीन मतदाता को अपने मनपंसद प्रत्याशी को बोट देना आसान होगा द्व ष्टीहीन मतदाता बटन को महसूस कर अपने पसंद के प्रत्याशी को मतदान कर सकेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि राज्य में पहली बार दृष्टीहीन मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि बूथ तक नेत्रहीन और दिव्यांगजन आसानी से पहंच सके इसके लिए प्रत्येक बूथ पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है देशभर के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दाखिले के समय छात्रों के मूल प्रमाणपत्र नहीं रख सकेंगे और उन्हें केवल एक सेमेस्टर की फीस जमा करनी होगी उनसे अन्य सेमेस्टरों की अग्रिम फीस नहीं ली जायेगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में इस बारे में विश्विद्यालय अनुदान आयोग की नई अधिसूचना जारी करते हुए पत्रकारों को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पहले जब उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र दाखिला लेते थे तो उनके मूल अंक पत्र डिग्री और अन्य प्रमाण पत्र रख लिए जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा छात्रों के मूल प्रमाणपत्रों ोर डिग्रियों की जांच करने के बाद उन्हें लौटा दिया जाएगा उन्होंने बताया कि छात्रों को पहले दाखिले के समय सभी सेमेस्टर या पूरे पाठ्यक्रम की फीस जमा करनी होती थी लेकिन अब छात्र केवल एक सेमेस्टर की फीस शुरू में जमा करेंगे और उनसे अन्य सेमेस्टरों की फीस अग्रिम नहीं ली जायेगी श्री जावडेकर ने कहा कि पन्द्रह दिन या दाखिले की अंतिम तारीख से पहले कोई छात्र अपना नाम वापस लेता है तो उसकी सौ प्रतिशत फीस वापसी होगी और केवल पांच प्रतिशत राशि काटी जायेगी जो अधिकतम पांच हजार होगी केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद् एनसीवीईटी के गठन को मंजूरी दे दी है

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री कालीचरण सराफ ने कहा है कि जीका वायरस रोकथाम के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और इससे किसी को डरने की जरूरत नहीं है श्री सराफ ने कल वायरस प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद पत्रकारों को बताया कि जीका वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने पूरे उपाय किए हैं और इसके लिए दो सौ टीमें काम कर रही हैं उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित क्षेत्र में पीड़ितों को पूरा इलाज मुहैया कराया जा रहा है देशभर के महालेखाकारों का दो दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है कल से शुरू हुए सम्मेलन के दूसरे दिन आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अधिकारियों को संबोधित करेंगे सम्मेलन में लेखा परीक्षा नियोजन लेखा परीक्षा क्रियान्वयन और डिजिटल माहौल में लेखांकन जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है

तीनों दिन साक्षात्कार दो पारियों में होंगे पहली पारी सुबह आठ बजे और दूसरी दोपहर बारह बजे से शुरू होगी

रेलवे प्रशासन द्वारा आज और कल अजमेर मंडल के उदयपुर चित्तोडगढ़ रेलखण्ड के उदयपुर सिटी राणाप्रताप नगर स्टेशनों के बीच मरम्मत का काम किया जायेगा इस कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि मरम्मत के काम के कारण आज संचालित होने वाली रतलाम उदयप्र एक्सप्रेस रेलसेवा राणा प्रताप नगर तक ही संचालित होगी इसी तरह कल उदयपुर रतलाम एक्सप्रेस रेलसेवा उदयपुर के स्थान पर राणा प्रताप नगर से संचालित होगी अजमेर जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नसीराबाद पुलिया पर कल एक खड़े ट्रक में ट्रेलर के घुस जाने के बाद लगी भीषण आग की चपेट में आने से दो मोटरसाइकिल चालकों और एक अन्य की की मौत हो गई

हादसे के बाद क्रेन चालक और उसका सहयोगी मौके से फरार हो गए बाड़मेर जिले के सनावडा के पास ट्रक और कार की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये बूंदी जिले के हिंडोली में दो मोटरसाईकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गये झालावाड जिले के डग में ट्रक की टक्कर से मोटरसाईकिल सवार एक युवक की मौत हो गई

पुलिस मामले की जांच कर रही है

दोनो आरोपियों को एनडीपीएस कोर्ट मेंपेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया

पुलिस के अनुसार मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग आठ पर नाकेबंदी के दौरान उदयपुर की तरफ से आई एक बस को रुकवाकर तलाशी ली तलाशी के दौरान बस में सवार उदयपुर निवासी एक व्यक्ति के पास ये रूपये बरामद किये गये